जल जीवन मिशन योजना की हुयी शुरूआत और बिहार में लगेंगे डेढ़ करोड़ स्मार्ट प्री पेड बिजली मीटर

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार चाहती है कि धन लोगों विशेषरूप से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में रहे अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार यह भी चाहती है कि आयकर प्रक्रिया सरल हो और कर अनुपालन में बढ़ोतरी हो वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों युवाओं और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है निर्मला सीतारमन बाईट जो एग्रीकल्चर में काम करना है जो एग्रीकल्चर के साथ वाले एलाइड इंडस्ट्रीज में करना इन सब में युवाओं का रोल भी स्पष्ट तौर पर इस प्लैनिंग में है और उनको वो स्कलि देने के लिए स्किल डेवलेपमेंट अथॉरटी को उन्हीं के साथ उस स्किल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए क्लीयर प्लैनिंग स्टेट के साथ ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट में घोषित नए सुधारों से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और उसकी नींव मजबूत होगी उन्होंने कहा कि बजट प्रत्येक नागरिक को वित्तीय रूप में सशक्त बनाएगा टेलीविजन पर एक संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने चार क्षेत्रों कृषि बुनियादी ढ़ांचा कपडा और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें उन्होंने कहा कि बजट से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की सरकार की वचनबद्धता और मजबूत हुई है प्रधानमंत्री बाईट बजट में जिन नए रिफॉर्मस का ऐलान किया गया है वो अर्थव्यवस्था को गति देने देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का और गति देने का काम करेंगे

संसद में पेश दो हजार बीस इक्कीस के केंद्रीय बजट में पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को शामिल किया गया है इससे केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी पंद्रह हजार चार सौ नब्बे करोड़ रूपये बढ़ेगी वहीं कुपोषण द्र करने के लिये बिहार को अलग से छह सौ चौंसठ करोड़ रूपये मिलेंगे वायू प्रद्षण में सुधार के लिये पटना को चार सौ आठ करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये जानकारी देते हुये बताया कि दो हजार बीस इक्कीस के बजट में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं ग्राम पंचायत प्रखंड समिति और जिला परिषद के लिये अनुदान के प्रावधान से बिहार जैसे राज्य को काफी लाभ मिलेगा वित्त आयोग की अनुशंसा पर बजट में ग्राम पंचायतों के लिये पांच हजार अठारह करोड़ नगर निकायों के लिये दो हजार चार सौ सोलह करोड़ और आपदा प्रबंधन के लिये एक हजार आठ सौ अठासी करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में कृषि और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिये किये गये प्रावधानों से बिहार के किसानों को भी लाभ मिलेगा नाबार्ड द्वारा देश की सभी पंचायतों में कोल्ड स्टोरेज और कृषि भंडार बनाने की योजना से बिहार की लगभग साढ़े आठ हजार पंचायतों में अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी किसान ट्रेन शुरू होने से सब्जी फल दूध और मांस मछली समेत अन्य कृषि उत्पादों को दूसरे राज्यों में आसानी से भेजा जा सकेगा बिहार में पिछले चार वर्षों से चल रही नल जल योजना अब पूरे देश में लागू होगी केंद्र सरकार इस योजना को जल जीवन मिशन के नाम से लागू कर रही है इस योजना के तहत वर्ष दो हजार चौबीस तक देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है सरकार ने दो हजार बीस इक्कीस के आम बजट में इस मिशन के लिये तीन लाख साठ हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है अगले वित्तीय वर्ष में इस पर ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे

प्री पेड मीटर मिलने से उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने नहीं जाना होगा बल्कि वे अपनी जरूरत के अनुसार मोबाईल की तरह बिजली मीटर को भी रिचार्ज करा सकेंगे केंद्र सरकार ने आम बजट में स्मार्ट प्री पेड बिजली मीटर लगाने की देशव्यापी योजना को तीन साल में पूरा करने की घोषणा की है इसके तहत बिहार के सभी जिलों में स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाने की राज्यव्यापी योजना भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है तेल कंपनियों ने उन्नीस किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में दो सौ बत्तीस रूपये की वृद्धि की है बढ़े हुये दाम एक फरवरी से लागू हो गये हैं इस व्रद्धि के बाद पटना में इस श्रेणी के गैस सिलेंडर की कीमत चौदह सौ अड़तीस रूपये से बढ़कर सोलह सौ सत्तर रूपये हो गयी है कल से शुरू होने वाली बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं परीक्षा तेरह फरवरी को समाप्त होगी इस बार परीक्षा में राज्य भर से बारह लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं कदाचार रोकने के लिये राज्य भर के एक हजार दो सौ तेरासी परीक्षा केंद्रों पर त्रिस्तरीय मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गयी है फर्जीवाड़ा रोकने के लिये चार जगहों पर परीक्षार्थियों की तस्वीरें रहेगी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार परीक्षा केंद्र बार कोडिंग केंद्र और समिति स्तर पर ऑनलाइन इंट्री सिस्टम लागू किया गया है उन्होंने बताया कि ऑनलाइन इंट्री सिस्टम से परीक्षा समाप्त होने के साथ ही रिजल्ट की भी तैयारी शुरू हो जायेगी औरंगाबाद जिले के देव में तीन दिवसीय सूर्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कल से शुरू इस महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति कर रहे हैं महोत्सव का उद्घाटन करते हुये राज्य के खनन और भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद ने कहा कि भगवान भास्कर के इस मंदिर के पौराणिक महत्व को देखते हुए राज्य सरकार यहां पर्यटक सुविधाओं का विस्तार कर रही है और आने वाले दिनों में यह राज्य के बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा वैशाली जिले में महुआ थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव के दो अलग अलग मकान में की गई छापेमारी में पुलिस ने एक सौ बाईस कार्टन विदेशी शराब बरामद कर एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है नालंदा जिले के भागनबिगहा बाजार के पास हुयी दो वाहनों की टक्कर में एक महिला की मौत हो गयी और ग्यारह अन्य घायल हो गये जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटरसाइकिल से करीब एक किलोग्राम आरडीएक्स बरामद कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है बिहार राज्य सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने मामले में एक अवकाश प्राप्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और उसकी पत्नी के खिलाफ निगरानी की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है पटना में खेली गयी सीके नायड् अंडर टवेंटी थ्री क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार ने नागालैंड को पारी और पचहत्तर रनों से पराजित कर दिया कप्तान सचिन कुमार ने दोनों पारियों में चार चार विकेट लिये और छियासी रनों की शानदार पारी खेलकर बिहार की जीत में अहम भूमिका निभायी महाराष्ट्र के शिरडी में चल रही राष्ट्रीय ड्रॉप रोबॉल प्रतियोगिता के मिश्रित युगल मुकाबले में बिहार की टीम फाइनल में प्रवेश कर गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने संसद में पेश वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के आम बजट संबंधी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सूर्खी है सबसे लंबे बजट भाषण में आयकर पर राहत किसानों को भी साधा मध्य वर्ग पर मरहम दैनिक जागरण का शीर्षक है बड़ी छलांग की ओर सधे कदम प्रभात खबर लिखता है एक हजार दो सौ तिरासी केंद्रों पर इंटर की परीक्षा कल से होगी शुरू दैनिक भास्कर की सुर्खी है वायु प्रदूषण में सुधार के लिये पटना को मिले चार सौ आठ करोड़ रूपये दैनिक आज का शीर्षक है सात सौ अठारह अभियंताओं की होगी बहाली

जल जीवन मिशन योजना की हुयी शुरूआत और बिहार में लगेंगे डेढ़ करोड़ स्मार्ट प्री पेड बिजली मीटर